आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज़ करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहत क्छ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के श्रू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार च्नौती में देशभर से य्वाओं ने बहूत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्ठियां प्राप्त हुई जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के य्वाओं ने तैयार किए प्रधानमंत्री ने देश की य्वा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संत्लन बनाकर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया पोषण माह के दौरान माई गॉव पोर्टल पर भोजन और पोषण प्रतियोगिता के अलावा मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी श्री मोदी ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की उन्होंने कहा कि ग्जरात के केवडिया में सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के आसपास एक विशेष पोषण पार्क बनाया गया है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने जाने वाले पर्यटक इस पार्क में मनोरंजन के अलावा पोषण संबंधी ज्ञान भी अर्जित कर सकेंगे

इसलिए यह जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से परिचित रहे उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहत काम किया जाना बाकी है और इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी

इसमें मास्क लगाना स्रक्षित दूरी के मानकों का पालन करना थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा

कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अन्मति होगी व्यक्तियों और वस्त्ओं का राज्य के अंदर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इस तरह की आवागमन के लिए अलग से अन्मति या स्वीकृति अथवा ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी

गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले स्झावों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित हैं